सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाई जानी चाहिए अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कोविड की स्थिति की वर्वअल माध्यम से समीक्षा करते हए श्री मोदी ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आये लोगों का पता लगाने और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर बल दिया बैठक के दौरान श्री मोदी ने कोरोना को फैलने से रोकने और संक्रमित लोगों के समुवित उपचार के लिए वाराणसी में जांच विस्तप्रें दवायों वैक्सीन और कार्य बत के बारे में जानकारी ती उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता को जल्द से जल्द हरसंगव सहायता उपलब्ध कराई जाये प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी नियम का पालन हर किसी को करना चाहिए

उन्होंने प्रशासन से वाराणसी की जनता को पूरी संवेदनशीलता के साथ हरसंगव सहायता उपलब्ध कराने को कहा श्री मोदी ने वाराणसी के जन प्रतिनिधि के रूप में आम जनता से सुझाव लेने का निरंतर अवसर मिलने पर संतोष व्यक्त किया उन्होंने कहा कि पिछले पांच छह वर्षों में वाराणसी में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण से कोरोना से लक्षाई में मदद मिली है श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी में बिस्तरों आईसीयू और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के दबाव के महेनजर उन्होंने हर स्तर पर प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया प्रषानमंत्री ने कहा कि वाराणसी के प्रशासन ने खितनी तेजी से काशी कोविड रिपोन्स सेंटर की स्थापना की उतनी ही तेजी से प्रत्येक कार्य किया जाना चाहिए मुकेश कुमार आकासवाणी समाचार दिल्ली प्रधानमंत्री ने देश के सभी डॉक्टरों और अन्य चिकित्साकर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के इस समय में ये सब पूरी वफादारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं प्रधानमंत्री ने सरकार के साथ काम करने वाले वाराणसी के गैर सरकारी संगठनों की भी प्रशंसा की उन्होंने मौजूदा स्थिति को देखते हए अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया वाराणसी के जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को कोविड के उपचार और इससे बचाव के लिए क्षेत्र में की गई तैयारियों के बारे में बताया उन्होंने श्री मोदी को संक्रमितों के संपर्क का पता लगाने के लिए स्थापित नियंत्रण कक्ष होम आइसोलेशन के लिए कमान तथा नियंत्रण केंद्र विशेष फोन लाइन एम्बुलेंस नियंत्रण कक्ष से टेलीमेडिसिन व्यवस्था और शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त द्रतगामी कार्रवाई दलों की तैनाती के बारे में भी बताया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों को संदिग्ध रोगियों का इलाज कोविड संक्रमित रोगी की तरह करने और उन्हें अस्पताल में अलग वार्ड में रखने के निर्देश दिए हैं

मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक चलेगा इस चरण में जिन जनपदों में चुनाव होना है वे हैं मुजफ्फरनगर बागपत गौतमबुद्व नगर बिजनौर अमरोहा बदायूं एटा मैनपुरी कन्नौज इटावा ललितपुर चित्रकूट प्रतापगढ़ लखनऊ लखीमपुर खीरी सुल्तानपुर गोण्डा महराजगंज वाराणसी और आजमगढ़

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है

एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की संशोधित तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी